इस भारी बर्फबारी से जिले में बिजली व संचार व्यवस्था चरमरा गई है और कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है

कृल्लू जिले के बाशिंग और डोमी बिहाल क्षेत्र में आज दोपहर बाढ़ का पानी व मलबा भरने से करीब दो दर्जन लोग फंस गए हैं जिन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायज़ा लिया कुल्लू शहर के सरवरी इलाके में स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक सरवरी नाले का पानी आने के बाद यहां रह रहे लगभग अढ़ाई सौ लोगों को ज़िला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्रों और कुल्लू जिले के मनाली सहित अन्य चोटियों पर भी हिमपात हुआ है किन्नौर ज़िले में हिन्दुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मलबा गिरने से पागलनाला के पास दोपहर बाद एक बार फिर यातायात अवरूद्व हो गया है

इसके अलावा क्रेड नाला में भी लगभग तीन सौ भेड बकरियां बह गई हैं

कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने भी खराब मौसम को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के समीप न जाने का आग्रह किया है

उधर किन्नौर चम्बा और सिरमौर ज़िला प्रशासन ने भी कल सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है

उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना नहीं चल रही है उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा जन आरोग्य योजना इधर शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यस्तरीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारम्भ किया राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली धनराशि की बचत होगी आचार्य देवव्रत ने लोगों से योग व पौष्टिक आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ये सुनिश्चित होगा कि पैसे की कमी से देश व प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे

सम्मेलन के दूसरे दिन आज ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभी प्रतिभागियों को इसके बारे में जानकारी दी इस दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन पर प्रस्तुती दी और इस पर सदन में प्रश्न उत्तर सत्र भी हुआ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का आभार जताया